उन्होंने कहा कि ये सौ दिन आने वाले पांच वर्षों के लिए एक साफ सुथरी तस्वीर भी प्रदान करते है नासिक में आज महाजनादेश यात्रा के समापन पर रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार के पहले सौ दिन में लिये गए निर्णय इस बात का प्रतीक है कि देश में हर चुनौतियों से निपटने की क्षमता है श्री मोदी ने कहा कि सरकार के काम में लोक कल्याण की भावना के साथ साथ अर्थतंत्र में सुधार और रोजगार के नए अवसर के प्रयास भी दिखाई पड़ते है प्रधानमंत्री ने कहा जम्मू कश्मीर और लद्दाख में फैसले को समग्रता से लागू करना सिर्फ सरकार का फैसला नहीं है बल्कि यह प्ररे देश की हम भावनाओं का प्रतिक है उन्होंने आह्वान किया कि हम सभी भारतवासियों को मिलकर नया कश्मीर बनाना है विवेकानंद केंद्र के प्रतिनिधियों ने कल राजभवन में राज्यपाल डॉ बी डी मिश्रा से मुलाकात कर विवेकानंद शिला स्मारक एक भारत विजयी भारत के बारे में जानकारी दी गौरतलब है कि राष्ट्रीय स्तर के इस कार्यक्रम का शुभारंभ गत दो सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किया था विवेकानंद केंद्र के प्रतिनिधिमंडल में अरुणाचल प्रांत के संचालक डॉ जोराम बेगी प्रांत प्रमुख तेजुम पाद्र प्रांत संगठक रुपेश माथुर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल थे इस बैठक के दौरान राज्य में संगठन की शिक्षा व्यवसायिक प्रशिक्षण और कला एवं संस्कृति के संरक्षण की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को अवगत कराया गया गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश में वी के वी के बयालीस विद्यालय तिरसठ बालवाड़ी एक बी एड कालेज सीमांत क्षेत्रों में तीन व्यवसायिक प्रशिक्षण केंद्र युवाओं के व्यक्तित्व विकास के लिए बीस केंद्र और दो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है उच्च न्यायालयों के चार मुख्य न्यायाधीशों को उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश चुना गया है इस तरह अब सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या अबतक की सबसे अधिक चौतीस हो गई है

इन नियुक्तियों के लिए कानून और न्याय मंत्रालय ने चार अलग अलग अधिसूचनाएं जारी की हैं प्रधान न्यायाधीश न्यायामूर्ति रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाले सर्वोच्च न्यायालय के कॉलिजियम ने अटठाईस अगस्त को इन नियुक्तियों का अनुमोदन किया था संसद ने हालही में सर्वोच्च न्यायालय में प्रधान न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की संख्या इकतीस से बढ़ाकर चौतीस की थी रक्षामंत्री राननाथ सिंह ने आज बंगलूरु से स्वदेश में निर्मित लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी उन्होंने टवीट कर कहा कि तेजस में उड़ान भरना एक अनूठा अनुभव था रक्षामंत्री ने कहा कि इस बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान को उच्चकोटि की दक्षता हासिल है उन्होंने कहा कि इससे भारत की वायु रक्षा क्षमता मजबूत होगी एकल इंजन तथा डेल्टा विंग से लैस तेजस का डिजाइन एरोनॉटिकल विकास एजेंसी ने तैयार किया है इसका निर्माण हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड में भारतीय वायुसेना के लिये किया जा रहा है हल्के लड़ाकू विमान तेजस को हाल में संचालन की अंतिम मंजूरी दी गई थी श्री सिंह ने बताया कि दक्षिण पूर्व एशिया के देशों एन तेजस विमान खरीदने में रुचि दिखाई है उन्होंने कहा कि भारत सुनिया को लड़ाकू विमान निर्यात करने की स्थिति में पहुंच गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ई सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने के अध्यादेश को मंजूरी दे दी है

पच्चीसवीं सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप के पहले दिन के क्वाटर फाइनल मैच में आज तामिलनाडू ने मध्यप्रदेश चार दो से हराकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया वहीं दूसरे क्वाटर फाइनल मैच में रेलवे ने हिमाचल प्रदेश को बारह शून्य से कररी मात देते हुए सेमीफाइनल में प्रवेश किया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 आज का अधिकतम तापमान चौतीस डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान चौबीस दशमलव छह डिग्री सेल्सियस रिकार्ड किया गया